अब समाचार विस्तार से विजयादशमी विजय दशमी का पर्व आज पूरे देश में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में दशहरा मनाया जाता है इसके साथ ही नवरात्रि और दुर्गा पूजा का समापन भी हो जाता है इस अवसर पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक संदेश में कहा है कि यह दिन लोगों को खुशी बांटने का दिन है उन्होंने कहा कि यह पर्व एकता की भावना को संजोने और लोगों में बंधत्व बढ़ाने का भी अवसर देता है श्री कोविंद ने लोगों से विजय दशमी को शक्ति के प्रतिमान के रूप में मनाने का आह्वान किया है उन्होंने उम्मीद जताई कि देवी दुर्गा समाज में महिलाओं विशेषकर बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए लोगों का मार्ग दर्शन करेंगी राष्ट्रपति ने लोगों से श्री भगवान राम को आदर्श और शाश्वत मूल्यों के प्रतिबिम्ब के रूप में याद करने का आहवान किया राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी नागरिको को विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं

शहर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन और रावण दहन के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतेजाम किये गये हैं यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया जायेगा

इन्दौर में विजयनगर चौराहे पर होने वाले समारोह में रावण को आतकवाद की शक्ल दी गई है

राजनाथ सिंह गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज बीकानेर के पास भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ दशहरा मनायेंगे वे शस्त्र पूजा समारोह में भी शामिल होंगे ग्रहमंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा पहली बार है जब गृहमंत्री पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के साथ समारोह में हिस्सा लेंगे श्री सिंह ढांचागत विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे गृहमंत्री पिछले वर्ष उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर जोशीमठ में दशहरा समारोह में शामिल हुए थे पुलिस पदस्थापना राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के दो अधिकारियों का स्थानांतरण करते हुए उनकी नवीन पद स्थापना की है राजगढ़ जिले की पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद का स्थानांतरण कर दिया गया है

सिमाला प्रसाद को स्थानांतरित कर सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल में पदस्थ किया गया है गौरतलब है कि सिमाला प्रसाद भिंड से भाजपा सांसद डॉक्टर भागीरथ प्रसाद की बेटी है निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित कराने के लिये वाहनों के लिये विशेष अभियान चलाया जाये अवैध शस्त्रों मदिरा का परिवहन जैसे आपराधिक गतिविधियां आदि पाया जाये तो ऐसे वाहनों को परिबद्ध करें और जब तक निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उन्हें मुक्त नहीं करें यह सुनिश्चित करने के लिये कि बाहर से निर्वाचन क्षेत्र में अवांछित तत्व आदि हथियार आदि नहीं लाया जा रहा है आवश्यक कार्यवाही करें तथा मतदान की तिथि से तीन दिवस पहले से ही लारियों हल्के वाहनों तथा अन्य सभी वाहनों की सम्पूर्ण जाँच पड़ताल कर सख्त चौकसी रखी जाये वाहनों की ऐसी चेकिंग मतगणना कार्य पूरा होने तथा परिणाम की घोषणा होने तक जारी रखा जाये तथा इस प्रकार के अपराधियों के वाहन जब्त कर मतदान कार्य प्ररा होने तथा परिणामों की घोषणा होने तक की अवधि तक रखे जायें

श्रीमती गांधी ने ट्वीट में कहा है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाएं अगर चाहें तो महिला आयोग के पास जा सकती हैं

चुनाव तैयारी प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है

जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले ने बताया कि इस प्रथम प्रशिक्षण में विधानसभा निर्वाचन के लिए पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी शामिल होंगे उधर सागर में जिला कलेक्टर ने खुरई के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की सुविधा के साथ ही बिजली पानी शौचालय की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिये आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी अजय गुप्ता ने निर्वाचन कार्य को ध्यान में रखते हुए शासकीय कर्मचारियों के सभी प्रकार की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के अवकाश पर जाने वाले और मुख्यालय छोड़ने वाले अधिकारीकर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी उधर राजगढ़ में कलेक्टर ने सभी विधानसभा क्षेत्र रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों से उनके आपराधिक प्रकरण और दोषसिद्व मामलों के संबंध में शपथ पत्र जरूर लें पेड न्यूज इंदौर जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गयी है चुनाव के दौरान जिले में पेड न्यूज की निगरानी तथा विज्ञापन आदि के सर्टिफिकेशन कर्के लिये मीडिया मॉनिटरिंग एवं मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी एमसीएमसी का गठन किया गया है

इन्ही तैयारियों की समीक्षा के लिये जहां एक और कलेक्टर निशांत वरवड़े ने कलेक्टर कार्यालय में बैठक ली वहीं दूसरी और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नेहा मीणा ने नेहरू स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया

देश के प्रति शहीद होने वाले पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों के त्याग और समर्पण के लिए जवानों के सम्मान में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जायेगा जिसमें राज्य के ग्वालियर भिण्डमुरैनाछतरपुर झॉसी के शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जायेगा

इस प्रतियोगिता में देश के छह राज्यों के करीब चार सौ से अधिक खिलाड़ियों ने भागीदारी की खिलाड़ियों की उपलब्धि पर संचालक खेल और युवा कल्याण डॉएसएल थाउसेन ने खिलाड़ियों को बधाई दी है